राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौहत्तर प्रतिशत हुयी

सक्रिय मरीजों की तुलना में ढाई गुना अधिक हुये स्वस्थ

केंद्र सरकार ने सैन्य बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की घुसपैठ की स्थिति में गोली चलाने की अनुमति दे दी है यह पहली बार है जब भारत सरकार ने एलएसी पर सेना को हथियार के इस्तेमाल की अनुमति दी है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ हुयी उच्चस्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई फील्ड कमांडर को परिस्थिति के अनुरूप फैसले लेने का भी अधिकार दिया गया है बैठक में सेना के अधिकारियों से जल थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौहत्तर प्रतिशत से अधिक हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से लगभग उन्नीस प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक पांच हजार छह सौ इकतीस मरीज ठीक होकर अपने घर लौट च्रके हैं कोविड के सक्रिय मामलों से ढाई गुना अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं प्रतिदिन औसतन दो सौ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतर मरीज नियमित जांच और सामान्य दवा से ठीक हो रहे हैं पटना के एनएमसीएच में अब तक मात्र बारह मरीजों को ही वेंटिलेटर की आवश्यकता हुयी है इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस संक्रमण के एक सौ बासठ नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर सात हजार छह सौ पैंसठ हो गयी है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सात डॉक्टर भी संक्रमित पाये गये हैं अभी एक हजार नौ सौ तिरासी मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है अब तक पटना से सबसे अधिक चार सौ ग्यारह मामले सामने आये हैं भागलपुर से तीन सौ बासठ सिवान से तीन सौ पचपन बेगूसराय से तीन सौ चौवन मधुबनी से तीन सौ चौबीस और रोहतास से तीन सौ उन्नीस मामलों की पुष्टि हुयी है सबसे कम छप्पन मामलों की जमुई में प्रष्टि हुयी है इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर इक्यावन हो गयी है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आइसीएमआर ने पटना के चार निजी पैथोलॉजी लैब को कोविड उन्नीस जांच की अनुमति दे दी है परिषद ने जांच का अधिकतम शुल्क ढाई हजार रूपये निर्धारित किया है वहीं घर से नमूने एकत्र करने की स्थिति में दो सौ रूपये अतिरिक्त देने होंगे केंद्र सरकार द्वारा कोविड उन्नीस के खिलाफ संघर्ष में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों के लिये घोषित जीवन बीमा की अवधि सितंबर महीने तक बढ़ा दी गयी है इस योजना के तहत बाईस लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का पचास लाख रूपये का बीमा करवाया गया है राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की पहले बुखार जांच के निर्देश दिये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने बताया कि इसके लिये सभी अस्पतालों में फीवर कॉर्नर बनाया जा रहा है उन्होंने बताया कि खांसी सर्दी बुखार और सांस लेने की तकलीफ की पुष्टि नहीं होने पर ही मरीजों को ओपीडी में भेजा जायेगा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संधिवात रोग विभाग की प्रमुख डॉ उमा कुमार ने लोगों को एक दूसरे से सम्पर्क के समय दूरी बनाए रखने साफ सफाई और खांसने छींकने संबंधी शिष्टाचार का पालन करने की सलाह दी है

साउंड बाईट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि कोविड उन्नीस के मामलों के संदर्भ में भारत द्रनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है और महामारी की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनके अच्छे परिणाम आ रहे हैं

आज का हालात जो है इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वॉयरस को डट के मुकाबला देने में राज्य स्वास्थ्य समिति के चौहत्तर कर्मियों को ड्यूटी से गायब रहने के कारण जवाब तलब किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार ने बताया कि औचक जांच में इन सभी को बिना सूचना दिये अनुपस्थित पाया गया उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां तीस जून तक रद्द है जिस कारण ये गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है प्रदेश में अब सांसद और विधायक निधि से होने वाले विकास कार्यो में दूसरे राज्यों से लौटकर आये कामगारों को काम मिलेगा योजना और विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिला योजना पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी किया है प्रदेश में लॉकडाउन की अविध के बाद से अब तक चार लाख सड़सठ हजार योजनाओं के तहत सात करोड़ इकसठ लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सूजन किया गया है सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने ये जानकारी दी शिक्षा विभाग लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों से बिहार लौटे प्रवासियों के बच्चों की शैक्षणिक दक्षता का सर्वे करायेगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि इस सर्वे से यह पता चलेगा कि बाहर से लौटे बच्चों का किस कक्षा में नामांकन होना चाहिये उन्होंने बताया कि सर्वे में टोला सेवकों की मदद ली जायेगी और इसे पंद्रह जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने योग दिवस के अवसर पर योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया इसका आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा किया जा रहा है और यह देशभर के छठी से बारहवीं तक की कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के लिए खुली है मौसम विभाग ने चौबीस और पच्चीस जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से मॉनसूनी हवा झारखण्ड उत्तर प्रदेश होते हुये हरियाणा जा रही है जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थितियां बन रही हैं इधर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुयी है विभाग के अनुसार राज्य में अब तक एक सौ साठ मिलीमीटर बारिश हुयी है जो इस अवधि में सामान्य से दोगुना है सिर्फ कटिहार में सामान्य से चौंतीस प्रतिशत कम बारिश हुयी है पंद्रह जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से सौ से दो सौ इक्यानवे प्रतिशत तक अधिक बारिश दर्ज की गयी प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा पुनपुन और घाघरा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है गंगा नदी के जलस्तर में सबसे अधिक व्रद्धि भागलपुर में हुयी है जल संसाधन विभाग के अनुसार वाल्मीकिनगर बराज से कल गंडक नदी में एक लाख तिरसठ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया वहीं नेपाल की तरफ से भी गंडक नदी में लगातार पानी आ रहा है इसी तरह दरभंगा और मुजफ्फरपुर की नदियों का जलस्तर अभी स्थिर बना हुआ है मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में बागमती नदी के जलस्तर में पच्चीस सेंटीमीटर तक की कमी आयी है वहीं गायघाट में नदी से हो रहा कटाव अब रूक गया है खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में भी व्रद्धि देखी जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र लिखकर पोर्न साइट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को प्रतिबंधित करने की मांग की है पत्र में श्री कुमार ने कहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस पर सेंसरशिप लागू होनी चाहिये और ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिये उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक से अवगत कराने और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिये प्रदेश में एक अगस्त से किसान चौपाल का आयोजन होगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पंद्रह अगस्त तक चौपाल का आयोजन होगा उन्होंने बताया कि कोविड उन्नीस संक्रमण की स्थिति यदि नियंत्रण में रही तो पूर्व की तरह चौपाल का आयोजन होगा नहीं तो इसका आयोजन वर्चअल माध्यमों से किया जायेगा पटना उच्च न्यायालय में चौबीस मार्च तक दायर किये गये सभी मामलों को सूचीबद्ध किया जायेगा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने पटना हाई कोर्ट को नियमित रूप से चलाने के लिये न्यायाधीशों और अधिवक्ता संघों की बैठक के बाद ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस बात को भी लेकर सहमति बनी कि होई कोर्ट में अब पूर्व की तरह मामलों की फाइलिंग होगी प्रदेश के बीस हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों पर दस लाख पौधे लगाये जायेंगे ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार ने बताया कि अगले महीने से पौधा रोपण का काम शुरू होगा उन्होंने बताया कि एक किलोमीटर लम्बाई में पचास पौधे लगाये जायेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में नामांकन के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में नामांकन के इच्छ्क छात्र एक ज्लाई से और नौवीं के लिये तीन अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे परीक्षा अगले वर्ष जनवरी और अप्रैल माह में आयोजित होगी वहीं सैनिक स्कूल में छठी कक्षा में नामांकन के लिये एक अगस्त से जबकि नौवीं कक्षा में नामांकन के लिये सितंबर के तीसरे सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया के थानाध्यक्ष को जब्त शराब छिपाने के मामले में निलंबित कर दिया गया है पूलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने बताया कि निलंबित थानाध्यक्ष की पूरे मामले में संलिप्तता पायी गयी जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी है पश्चिम चंपारण जिले के नौतन के मड्रआहा गांव में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद की जांच करने की गयी पुलिस टीम ने एक पक्ष के तीन लोगों को पांच बम एक पिस्तौल और तीन गोली के साथ गिरफ्तार किया है जमुई जिले के पारो पंचायत के भागलपुरा महादलित टोला में तालाब में नहाने के क्रम में दो बच्चों की मौत हो गयी वहीं पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जलगोविंद गांव में गंगा नदी में स्नान करने के क्रम में डूबने से एक बच्चे की मौत की खबर है गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के महाकार गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के परसौनी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है मौके से दो कार और तीन मोटरसाइकिल भी जब्त किये गये अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार इधर देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर चार लाख पच्चीस हजार दो सौ बयासी हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख सैंतीस हजार एक सौ छियानवे है जबकि इस वैश्विक महामारी से अब तक तेरह हजार छह सौ निन्यानवे लोगों की मौत हो चुकी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां छठे योग दिवस और साल के पहले तथा आखिरी सूर्यग्रहण की खबर को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के नाम संदेश को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अखबार लिखता है कोरोना ने दुनिया में बढ़ायी योग की अहमियत आज ने इसी खबर को शीर्षक दिया है काम अनुशासन से करना भी योग हिन्दुस्तान लिखता है चंद्रमा ने लगभग पूरा ढक लिया तो चमकती अंगूठी की तरह दिखा सूर्य प्रभात खबर ने भारतीय सेना को दी गयी खुली छूट को प्रकाशित करते हुये लिखा है चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी सेना दैनिक भास्कर ने कोरोना वायरस से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुये लिखा है कोरोना से जंग में बिहार देश से उन्नीस प्रतिशत आगे राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है किसान चौपाल पर नौ सौ चौबीस लाख रूपये से अधिक की राशि होगी खर्च

राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौहत्तर प्रतिशत हुयी

सक्रिय मरीजों की तुलना में ढाई गुना अधिक हुये स्वस्थ